लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और प्रचारक अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष में आयोजित जनसभाओं और रोड शो में भाग ले रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एनडीए सरकार के पांच वर्षो के कार्यकाल के दौरान देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है

श्री योगी चुनाव आयोग द्वारा उन पर लगाये गये तीन दिन के प्रचार प्रतिबंध की सीमा खत्म होने के बाद आज इटावा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तुष्टिकरण की नीति के बजाय सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करती है

उधर बरेली में गठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनैतिक स्वार्थ के लिये लोगों के बीच वैमनस्य की दीवार खड़ी कर दी है जिसे गठबंधन गिरायेगा उन्होंने कहा कि पिछले दो चरणों में सम्पन्न मतदान में गठबंधन के पक्ष में अच्छा वोट पड़ा है और सपा बसपा गठबंधन एतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने मैनपुरी में एक संयुक्त रैली को संबोधित किया इस दौरान सुश्री मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रहार करते हुये कहा कि दोनों पार्टियॉ लोगों से झूठे वादे कर रही हैं उन्होंने कहा कि भाजपा का विदेशों से कालाधन लाने और गरीबों के खाते में पन्द्रह पन्द्रह लाख रूपये जमा करान का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ और इसो तरह कांग्रेस का ग़रीबों को बहत्तर हजार रूपये सालाना देने का वादा पूरा नहीं हो सकेगा सुश्री मायावती ने कहा कि सपा और बसपा का गठबंधन देश की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनज़र किया गया है

रैली में अपने संक्षिप्त बयान में मुलायम सिंह यादव ने लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि बसपा प्रमुख मायावती ने हमेशा उनकी मदद की है

वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानपुर में पार्टी प्रत्याशी श्रीप्रकाश जायसवाल के समर्थन में रोड शो कर लोगों से वोट मांगा यह रोड शो नगर के नया गंज से शुरू हो कर विभिन्न रास्तों से गुजरता हुआ बिरहाना रोड़ पर समाप्त हुआ इस दौरान कई जगहों पर श्रीमती गांधी का स्वागत भी किया गया कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी आज शिवसेना में शामिल हो गयी हैं पार्टी नेतृत्व के रवैये से क्षुब्ध सुश्री चतुर्वेदी ने अपना त्याग पत्र कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेज दिया है अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा है कि हालांकि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और सशक्तिकरण को हमेशा बढ़ावा देती है लेकिन कुछ सदस्यों का व्यवहार इसके विपरीत है विगत दिनों एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने सुश्री चतुर्वेदी के साथ दुर्व्यवहार किया था उनकी शिकायत पर इन कार्यकर्ताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें बहाल कर दिया गया पार्टी के इस फैसले से सुश्री चतुर्वेदी आहत थीं क्षेत्रीय समाचार एकांश लखनऊ आज रात प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये दूसरे चरण में हुये मतदान पर एक खास परिचर्चा का प्रसारण करेगा इसे रात आठ बजकर पन्द्रह मिनट से आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकता है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

प्रदेश भर में आज हनुमान जयन्ती हर्षोल्लास और श्रद्धाभाव से मनायी जा रही है शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के हनुमान मंदिरों को आकर्षक ढग से सजाया गया है इन मंदिरों में सुन्दरकांड पाठ भजन संध्या और भंडारों का आयोजन किया गया है सुबह से ही मंदिरों में श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना का क्रम जारी है लखनऊ के सदर स्थित द्वादश ज्योर्तिलिंग धाम में भव्य श्रृंगार के साथ साथ सुन्दर कांड का पाठ भी किया गया इस अवसर पर मंदिर को ग्यारह सौ गुब्बारों और फूलों से सजाया गया है वहीं हनुमान सेतु मंदिर में दो दिवसीय श्री हनुमान जी प्राकट्य उत्सव का आयोजन किया गया है जहां श्री राम मारूति यज्ञ के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है श्री मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि राम भक्त हनुमान जी का जीवन समाज की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष के लिये प्रेरित करता है आज गुड फ्राइडे श्रद्धा और आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है यह दिन प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने की याद में मनाया जाता है मान्यता है कि सलीब पर चढाये जाने के तीन दिन बाद प्रभु यीशु जीवित हो गये थे रविवार को प्रभु ईसा के पुनर्जीवित होने की खुशी में ईस्टरसंडे मनाया जाता है गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे ग्रेट फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे के नामों से भी जाना जाता है इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के कैथेड्रल चर्च परिसर में आज शाम सलीब का जुलूस निकाला गया वहीं नगर के अलीगंज स्थित एबीसी चर्च में विशेष आराधना का आयोजन किया गया गिरिजाघरों में विशेष आराधना के दौरान प्रभु ईसा मसीह के संदेशों का स्मरण कराया गया इसके अलावा प्रभु यीशु के अंतिम संदेश का उल्लेख भी किया गया जो क्षमा सहायता और त्याग का उपदेश देता है गुड फ्राइडे से एक दिन पहले शहर के सभी गिरिजाघरों में मांडी थर्सडे पुण्य गुरूवार भी मनाया गया इस दौरान धार्मिक गुरूओं ने पवित्र मिस्सा का पाठ किया और प्रभु ईसा मसीह के बारह अनुयायियों के पांव धोये बस्ती जनपद के मखौड़ा धाम से विश्व प्रसिद्ध चौरासी कोसी परिक्रमा कल सुबह शुरू होगी इसमें भाग लेने के लिये देश के विभिन्न अंचलों से साधू संतों और श्रद्धालुओं का यहां पहुंचने का क्रम जारी है इस परिक्रमा की श्रूआत श्रद्धालुओं द्वारा मखौड़ा धाम की पौराणिक मनोरमा नदी मे स्नान पूजा अर्चना और विविध अनुष्ठानों के बाद होगी